देश में अब तक बीस लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया

और पछ्आ हवा के कारण प्रदेश में ठंड और कनकनी बढ़ी

ब्रलेटिन की श्रूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है कि पिछले चौबी घंटों में चार लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया इस बीच पिछले चौबीस घंटों में पन्द्रह हजार से अधिक लोगों के स्वस्थ होने के साथ ही देश में कोविड से ठीक होने की दर छियानवे दशमलव नौ प्रतिशत हो गई इस महामारी से एक करोड़ तीन लाख से अधिक मरीज पहले ही स्वस्थ हो चुके हैं कोविड मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है इस समय एक लाख सतहत्तर हजार दो सौ छियासठ मरीजों का इलाज चल रहा है जो कुल संक्रमित लोगों का केवल एक दशमलव छह छह प्रतिशत है भारत में संक्रमण दर प्रति दस लाख जनसंख्या के हिसाब से दुनिया में काफी कम है प्रति दस लाख की जनसंख्या पर मृत्यु दर भी विश्व में अधिकांश देशों की तुलना में बहुत कम है प्रदेश में अब तक अठासी हजार दो सौ सात लोगों को कोविड का टीका लगाया गया है राज्य के किसी हिस्से से इस टीके के प्रतिकूल प्रभाव की खबर नहीं है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि राज्य सरकार ने फरवरी तक टीकाकरण का पहला चरण पूरा करने का लक्ष्य तय किया है जिन लोगों को टीका लग चुका है उन्हें मध्य फरवरी से कोविड टीके की दूसरी डोज दी जायेगी कई चिकित्सकों ने खुद भी कोविड का टीका लिया है और उनका कहना है कि यह टीका पूरी तरह सुरक्षित है बेगूसराय के जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर हरेराम कुमार ने कहा कि टीका लेने के बाद भी पूरी तरह सावधानी बरतनी आवश्यक है

पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक सौ सत्तर रोगियों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख छप्पन हजार चार सौ हो गयी है वहीं पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक सौ साठ नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर दो लाख साठ हजार से अधिक हो गयी कल सबसे अधिक पटना से पैंसठ मामले सामने आये हैं गया से तेरह और सारण से ग्यारह मामलों की पुष्टि हुई है पांच जिलों से एक भी पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या दो हजार दो सौ बावन है राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा है कि आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में नौवीं तक के स्कूल खोलने के मुददे पर चर्चा होगी उन्होंने कहा कि आपदा समूह की बैठक इसी सप्ताह होगी श्री कुमार ने कहा कि पहले मध्य विद्यालय खोले जायेंगे इसके बाद प्राथमिक विद्यालयों के खोलने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा गौरतलब है कि कोरोना का कहर बढ़ने के बाद पिछले साल चौबीस मार्च से ही सभी स्कूल बंद कर दिये गये थे राज्य सरकार ने चार जनवरी से नौवीं से बारहवीं कक्षा तक के स्कूलों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी थी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक और इंटर परीक्षा की निगरानी एप के माध्यम से करेगी इसके लिए बोर्ड ने एग्जामिनेशन एप विकसित किया है इसका मकसद परीक्षा में धांधली को रोकने के साथ साथ अन्य सूचनाएं तुरंत हासिल करना है एप से सभी जिलों के डीइओ सहित अन्य अधिकारियों को जोड़ा गया है इधर बोर्ड ने इंटर और मैट्रिक की परीक्षा के दौरान कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार परीक्षा केन्द्र पर सभी परीक्षार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जायेगी और मानक तापमान से अधिक होने पर परीक्षार्थी को अलग कक्षा में बैठाया जायेगा इंटर की परीक्षा एक से तेरह फरवरी और मैट्रिक की परीक्षा सत्रह से चौबीस फरवरी तक आयोजित की जायेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकतीस जनवरी को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की तिहत्तरवीं कड़ी होगी एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से अपने प्रेरक सुझाव साझा करने का आग्रह किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ विचारों पर वे कार्यक्रम में चर्चा भी करेंगे लोग नमो ऐप या माईजीओवी ओपन फोरम पर कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव दे सकते हैं वे टोल फ्री नंबर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर भी डायल कर सकते हैं और अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं लोग एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और अपने सुझाव सीधे प्रधानमंत्री को एसएमएस में प्राप्त लिंक से भेज सकते हैं भारत पर्व दो हजार इक्कीस कल नई दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किला मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह के उल्लास के साथ शुरू हुआ यह वर्चुअल आयोजन इकतीस जनवरी तक चलेगा इस आयोजन का उद्देश्य देशभक्ति की भावना को जागरूक करना और देश की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करना है गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर लाल किले की प्राचीर के सामने दो हजार सोलह से हर साल पर्यटन मंत्रालय भारत पर्व का आयोजन करता आ रहा है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत पर्व का उद्घाटन किया इस अवसर पर श्री बिड़ला ने कहा कि भारत पर्व भारत की सांस्कृतिक विविधता की एक अनूठी झलक प्रस्तुत करता है उन्होंने कहा कि यह आयोजन देश के अट्ठाईस राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों की कला संस्कृति भोजन कपड़े और परंपराओं को जानने और समझने का अवसर प्रदान करेगा

दिल्ली पुलिस स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान पुलिस और किसानों के बीच कल पूरे दिन संघर्ष जारी रहा हिंसक घटनाओं में छियासी पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और दंगाइयों ने सरकारी तथा निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया दिल्ली पुलिस ने कहा है कि भीड़ में से कुछ लोग लालकिले की प्राचीर पर भी चढ़ गए जहां उन्होंने अपने संगठनों का झंडा फहराया दिल्ली पुलिस ने काफी प्रयासों के बाद लालकिले की प्राचीर और आसपास से भीड़ को भगा दिया इस बीच दिल्ली के पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव ने आंदोलनकारी किसानों से हिंसा न करने को कहा है इधर केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने किसान आंदोलन की स्थिति को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की बैठक में दिल्ली में अर्द्वसैनिक बलों की संख्या बढ़ाने का निर्णय किया गया बहत्तरवां गणतंत्र दिवस कल देशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया मुख्य समारोह राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के राजपथ पर आयोजित किया गया जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली गणतंत्र दिवस समारोह में देश की सैन्य शक्ति सांस्कृतिक विविधता तथा सामाजिक और आर्थिक प्रगति का भव्य प्रदर्शन किया गया समारोह में बत्तीस झांकियां प्रदर्शित की गई जिनमें से सत्रह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की नौ विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा अर्धसैनिक बलों की और छह रक्षामंत्रालय की थीं इसके अलावा डिजिटल भारत चार श्रम कानूनों आत्मनिर्भर भारत अभियान न्यू इंडिया वोकल फॉर लोकल और सीआरपीएफ तथा बीआरओ की झांकियां भी इस परेड में शामिल थीं स्कूलों के बच्चों ने हम फिट तो इंडिया फिट तथा आत्मनिर्भर भारत के विषयों पर नृत्य प्रस्तुत किए राफाल लड़ाकू विमान गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष रूप से प्रदर्शित किए गए परेड का समापन वायु सेना के विमानों के फ्लाईपास्ट से हुआ प्रदेश में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित किया गया जहां राज्यपाल फागू चौहान ने झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मंत्रिमंडल के कई सदस्य उपस्थित थे राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में कानून का राज कायम रखना सरकार की प्राथमिकता है पूर्व मध्य रेलवे के दानापूर बाढ़ मोकामा और राजगीर समेत तेरह स्टेशनों पर इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी आधारित वीडियो निगरानी प्रणाली से सुरक्षा पर नजर रखी जायेगी पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ललित चन्द्र त्रिवेदी ने बताया कि आईपी के माध्यम से स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों के साथ रेल कर्मचारियों और सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों की गतिविधियों पर भी नजर रखी जायेगी मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में दानापुर सेना भर्ती कार्यालय एआरओ के अधीन आने वाले सात जिलों के लिए ग्यारह से अट्ठाईस फरवरी तक सेना बहाली की प्रक्रिया होगी इसके लिए सेना मुख्यालय ने कार्यक्रम जारी कर दिया है इसमें सोल्जर जीडी टेक्निकल क्लर्क एसकेटी नर्सिंग सहायक और ट्रेडसमैन श्रेणी के लिए बहाली प्रक्रिया होगी इस दौरान शरीरिक दक्षता की जांच के बाद मेडिकल जांच होगी बहाली में पटना बक्सर भोजपुर सीवान सारण गोपालगंज और वैशाली जिले के अठासी हजार पांच सौ से अधिक यूवक शामिल होंगे प्रदेश भर में ठंड और कोहरे का प्रकोप जारी है पछुआ हवा के प्रवाह के कारण पटना समेत प्रदेश के अधिकतर भागों में कनकनी बढ़ गयी है इसके साथ ही अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच बड़े अंतर के कारण सुबह और शाम कोहरे की स्थिति बनी है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले दो दिनों तक मौसम में बड़े बदलाव की सम्भावना नहीं है आज भी गया पूर्णिया सुपौल समेत राज्य के विभिन्न जिलों में शीत लहर की स्थिति बनी हुई है इधर पटना और आस पास के इलाकों में बादल छाये रहने के कारण ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की गयी है विभिन्न स्थानों पर कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से सड़क रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है

और पछुआ हवा के कारण प्रदेश में ठंड और कनकनी बढ़ी